कई दिनों के गहन विचार विमर्श और अटकलों के बाद कल देर शाम जारी हुई कांग्रेस की पहली सुची में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कई रिश्तेदारों को भी टिकट दिये गये हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राधौगढ़ से टिकट दिया गया है जबकि उनके भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा सीट से चुनाव लड़ेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह को चुरहट सीट से टिकट दिया गया है भोपाल उत्तर से आरिफ अकील और भोपाल दक्षिण से पीसी शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस ने जबलपुर कैंट से आलोक मिश्रा और जबलपुर पश्चिम सीट पर तरूण भानोट को टिकट दिया है वहीं ग्वालियर से प्रद्यम्न सिंह तोमर ग्वालियर ग्रामीण से मदन कुशवाहा और ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल को टिकट दिया है कांग्रेस ने सागर से नेवी जैन और सिरमौर से अरुणा तिवारी को टिकट दिया है मुरैना सीट पर रघुराज सिंह कसाना को उम्मीदवार बनाया गया है

कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति ने कल षाम नई दिल्ली में एक बैठक में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया

प्रत्याशी संग्राम कल भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले कांग्रेस में शामिल हो गये उन्होंने नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली भाजपा के नेता और प्रदेश के वनमंत्री गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे और न ही वे कोई पदाधिकारी रहे हैं

साथ ही दो हजार से अधिक हथियार जब्त किये गये हैं और ढाई लाख से अधिक शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं

वहीं सिहोर जिले के फंदा टोल नाके के पास उड़नदस्ता निगरानी दल ने कल एक चार पहिया वाहन से सात लाख रूपये से ज्याता की नकदी जब्त की है

अधिकारिक जानकारी के अनुसार विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कल विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की इस दौरान बताया गया है कि विधानसभा सचिवालय द्वारा आगामी दिसंबर माह में चुनाव परिणाम के बाद नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की अगवानी उनको ठहराने आदि व्यवस्थाओं के संबंध में सतत कार्यवाही की जा रही है प्रमुख सचिव विधानसभा ने यह भी बताया कि विभिन्न दलों के उम्मीदवारों की सूचियां जारी की जा रही है तथा चुनाव आयोग द्वारा दिए गए प्रपत्र के अनुसार उम्मीदवारों को विधानसभा सचिवालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता अल्प अवधि में ही होगी इसलिए रविवार को अवकाश दिवस में भी सुबह साढे ग्यारह बजे से विधानसभा सचिवालय की संबंधित शाखाए सदस्यों और पूर्व सदस्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि देने के लिए खोली जाएंगी

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं वोटर पर्ची बूथ नक्शा प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने फोटो वाली वोटर पर्ची के पीछे पोलिंग बूथ का नक्शा भी प्रिंट कर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है पहली बार किए जा रहे इस प्रयोग के तहत इस वोटर पर्ची को मतदाता के घर चुनाव की तारीख से पांच दिन पहले तक पहुंचाया जाएगा निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता पर्ची का साइज भी पहले की तुलना में बड़ा होगा मतदाता पर्ची के पीछे पोलिंग बूथ के नक्शे के अलावा बूथ नम्बर चुनाव की तारीख और समय हेल्पलाइन नम्बर बीएलओ का नाम तथा मोबाइल नम्बर सहित मतदाता के मार्गदर्शन के लिये महत्वपूर्ण सूचनाए होंगी अधिकृत योटर पर्ची को पोलिंग बूथ पर मौजूद अधिकारियों द्वारा मतदाता की पहचान के लिए भी मान्य किया जाएगा निर्वाचन आयोग केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं निर्वाचन आयोग की ओर से कल जारी निर्देश के अनुसार किसी भी केबल टीवी नेटवर्क द्वारा कोई भी राजनैतिक विज्ञापन बिना पूर्व प्रमाणीकरण के प्रसारित नहीं किए जाएंगे यदि कोई केबल टीवी नेटवर्क बिना प्री सर्टिफिकेशन के कोई राजनैतिक विज्ञापन जारी करता है तो नियमानुसार उसके नेटवर्क के उपकरणों को जब्त कर लिया जाएगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी

राजनैतिक विज्ञापन के प्रमाणीकरण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर एमसीएमसी का गठन किया गया है इन कमेटियों के अनुमोदन के बाद ही कोई राजनैतिक विज्ञापन केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है राज्यपाल राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि देश को विश्व गुरू बनाना है तो हमें नवाचार पर ध्यान देना होगा राजधानी भोपाल में कल एक निजी शैक्षणिक संस्थान के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों के अच्छे भविष्य और कॅरियर के लिये प्लेसमेंट की व्यवस्था करनी होगी

सेमी फायनल मुकाबले में सर्विसेस के खिलाड़ी से हई कड़ी टक्कर में मनीष उइके ने कांस्य पदक अर्जित किया वहीं औरंगाबाद में चल रहे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश मार्शल आर्ट कुश्ती अकादमी की खिलाड़ी रमन यादव ने कांस्य पदक अर्जित किया हैं

संचालक खेल और युवा कल्याण डॉ एसएल थाउसेन ने दोनों खिलाडियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है